रक्षा सुरक्षा व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों की उम्मीद् मुख्यमंत्री कमलनाथ आज जारी करेंगे वाहनों का यूनिफाईड रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग कार्ड इन्दौर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कार्यशाला का आज दूसरा दिन

मोदी टूम्प वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे दोनों नेताओं के बीच व्यापार निवेश रक्षा और सुरक्षा आतंकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श की आशा है दोनों देश विशेषकर रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे कल अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प रैली को संबोधित करते हुए श्री ट्रम्प ने घोषणा की थी कि तीन अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अत्याध्रनिक सैन्य हैलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों की बिक्री के समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत को सर्वाधिक उन्नत हथियार प्रणाली उपलब्ध कराकर उसका प्रमुख रक्षा सहयोगी बनने की बात कही थी श्री ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा वहां से वे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे इसके बाद हैदराबाद हाउस में श्री ट्रम्प और श्री मोदी की वार्ता शुरू होगी कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ आज भोपाल में वाहनों के लिये यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन और लायसेंस कार्ड की सुविधा शुरू करेंगे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्यप्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लायसेंस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है

श्री राजपूत ने बताया कि यूनिफाइड ड्रायविंग लायसेंस पूरे देश में एक रंग एवं समान पेटर्न के होंगे नए कार्ड में वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित इमरजेंसी नम्बर आर्गन डोनर क्यूआर कोड विशिष्ट सीरियल नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ नए कार्डो में पूरी जानकारी होगी स्मारक नईदिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज एक वर्ष पूरा हो गया है पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था

इस अवार्ड समारोह के नोडल अधिकारी और संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कल एक बैठक में सड़कों को बेहतर बनाने मेहमानों के लिए आवास व्यवस्था और फिल्मी कलाकारों के लिए प्रमुख स्थलों के भ्रमण सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की अवार्ड समारोह के दौरान मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित फिल्मों के प्रदर्षन का भी निर्णय लिया गया श्री त्रिपाठी ने आयोजन स्थल डेली कॉलेज में पार्किंग विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संबंधित विभागों को योजना बनाने के निर्देश भी दिए

कार्यषाला का ष्भारंभ स्मार्ट सिटी मिषन संचालक राहुल केपूर ने किया कल पहले दिन ऐतिहासिक स्थलों का विकास मूलभूत संरचना अपषिष्ट प्रबंधन सहित अन्य विषयों पर अधिकारियों ने विचार साझा किए कार्यषाला में विकास कार्यों के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा की गई आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर में किए गए विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि माटी शिल्प बांस शिल्प काष्ठ कला बुटिक प्रिंट गोंडी चित्रकला ब्लॉक प्रिंट जूट शिल्प और ऐसी ही अन्य हस्तकलाओं के प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में उनकी कलाकृतियों के प्रदर्शन के माध्यम से कलाकारों को लाभान्वित किया जा रहा है बोटिंग इंदौर में कान्ह नदी के किनारे गणगौर घाट और कृष्णपुरा छत्री सहित अनेक स्थानों पर नागरिकों को बोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी नगर निगम प्रषासक और संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने निगम अधिकारियों को इसकी संभावनाओं का आंकलन कर शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने मार्च माह के अंत तक नदी किनारे बने सभी मलजल षुद्धिकरण संयंत्रों का काम पूरा करने के लिए कहा गौरतलब है कि इन षुद्धिकरण संयंत्रों के समीप आमजन के लिए सर्वसुविधायुक्त बगीचे भी विकसित करने का प्रस्ताव है

भारत की विश्व कप में यह लगातार दूसरी जीत है मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल भी जिले में लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश हुई वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में भी बीती रात कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई सिवनी और पन्ना में बारिश से फसले प्रभावित होने की आशंका है उधर उमरिया में बांधवगढ़ और मानपुर विधायक ने कल अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ओला प्रभावित गॉव का दौरा कर किसानों से फसलों के नुकसान का जायजा लिया मौसम विभाग ने एक दो दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है

जिसमें कृषिमंत्री सचिव यादव और प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल होंगे

इस दौरान चल समारोह भी निकाला गया